श्री गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा की

इसके लिए सर्वे करवाकर डेटाबेस तैयार किया जाए ताकि उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उन्हें गेहूं वितरित किया जा सके

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में जुड़े अपात्र लोगों के नाम हटाकर वास्तविक रूप से हकदार लोगों के नाम इस सूची में जोड़े जाएं शहरी क्षेत्रों में विशेषकर जयपुर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लोगों की संख्या काफी कम है अतः पात्र लोगों के नाम शहरी क्षेत्रों में सर्वे कर जोड़े जाएं

यह ट्रेन बक्सर पटना और बेगुसराय होते हुए अपने गंतव्य को पहुंचेगी

इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चन्द मीना ने बताया कि उचित मूल्य दुकानदारों को स्वयं के स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करना होगा उचित मूल्य दुकानदारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राशन वितरण का कार्य बाधित नहीं हो इसका भी पूरा ध्यान रखना होगा उन्होने बताया कि राशन डीलर को ई मित्र केन्द्र स्थापित करने में किसी भी प्रकार की वित्तीय तकनीकी या अन्य कोई सहायता नहीं दी जाएगी

सेन्टर हिलाल कमेटी के संयोजक चीफ काजी राजस्थान खालिद उस्मानी ने बताया कि शनिवार को चांद दिखाई नहीं दिया था लिहाजा अब ईद कल मनाई जायेगी

प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए उनके सुझाव मांगे है